विपक्ष के हंगामे के बीच अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा उनकी सरकार प्रदेशवासियों की विकास की आंकाक्षाओं को पूरा करने के लिये कृतसंकल्प

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भारत नई नीतियों के साथ आतंकवाद से निपट रहा है प्रदेश के कोविड उन्नीस संक्रमण के छह सौ बयासी नये मामले सामने आये

साढ़े आठ डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया आज भी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा ब्रलेटिन की श्रूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री चौहान ने कहा कि विकास के लिये नई सरकार को जनता ने चुना है उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का अपने अभिभाषण में उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना काल जैसे संकट की घड़ी में प्रभावित लोगों को मदद पहुंचायी गयी है राज्यपाल के संबोधन के दौरान राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वाम दल सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीतियों के विरोध में हंगामा किया शोर शराबे के बीच ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया

उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं और इन्हें आगे बढ़ाया जायेगा राज्यपाल ने सात निश्चय योजना के तहत बिजली और नल जल योजना के क्षेत्र में किये गये कार्यों का भी उल्लेख किया राज्यपाल के संबोधन से पहले विधानसभा परिसर में उनके पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश क्मार विधानसभा अध्यक्ष विजय क्मार सिन्हा विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्वागत किया इसके बाद राज्यपाल सदन में पहुंचे और उन्होंने अपना संबोधन किया कल विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा जिसके बाद सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा संविधान में बताये गये रास्तों के पालन के संकल्प के साथ देश भर में आज संविधान दिवस मनाया गया इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है आज ही के दिन उन्नीस सौ उनचास में देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था और जिसे छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को लागू किया गया

डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी

इसके सदस्यों में अनेक ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी विभिन्न क्षेत्रों धर्मों और समुदायों से सम्बद्ध इसके सदस्य देश की विविधता के प्रतीक थे संविधान ने भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और इसके नागरिकों के लिए न्याय समानता और स्वतंत्रता तथा भाईचारे को बढावा देने की वचनबद्धता व्यक्त की भारत का संविधान दूनिया में किसी भी प्रमुसत्ता सम्पन्न देश की तुलना में सबसे लंबा लिखित संविधान है देश में लोकतंत्र को सरावत बनाने की दृष्टि से संविधान समय की कसीटी पर खरा उतरा है सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर संविधान दिवस पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया इसका प्रसारण द्रदर्शन द्वारा किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के अस्सीवें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ पाठ किया इधर इस सम्मेलन के दूसरे दिन समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है

इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी अनेक देशों के लोग मारे गए थे मैं मुंबई हमले में मारे गए समी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं

उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे साउंड बाईट पूज्य बापू की प्रेरणा को सरदार वल्लभमाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तक किया देश इन प्रयासों को याद रखे

मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र देश को अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं राज्यपाल फागू चौहान ने राज्यवासियों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इस अवसर पर उन्होंने राजभवन में संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया जिसमें राजभवन के पदाधिकारियों ने संविधान को अक्षुण्ण बनाये रखने और इसकी भावना का पालन करने का संकल्प लिया इधर विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदस्यों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी पटना के संयुक्त तत्वावधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षाविदों और कानून के जानकार लोगों ने भाग लिया वेबिनार को संबोधित करते हुए पीआईबी के अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय ने कहा कि हमारे संविधान में पूरे देश की भावना झलकती है उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी देशवासियों के लिये सम्मान की बात है राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड से बचाव के लिये केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जायेगा गृह सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि कोरोना रोकथाम के तहत राज्य में आज से तीन दिसम्बर तक कई अतिरिक्त पाबंदियां लागू रहेगी उन्होंने कहा कि शादी विवाहों के दौरान भीड़ उमड़ने से कोरोना बढ़ने की आशंका रहती है

सामूहिक स्नान के दौरान संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है निर्वाचन आयोग ने बिहार में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है यह सीट केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है उम्मीदवार तीन दिसम्बर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख सात दिसम्बर है इसके लिए मतदान चौदह दिसम्बर को किया जायेगा और मतगणना भी उसी दिन होगी भाजपा विधायक ललन कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जेल से फोन करके प्रलोभन देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी है श्री कुमार ने लालू प्रसाद पर पटना के निगरानी थाने में एफआईआर दर्ज करायी है इसमें लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले दोनों की टेलीफोन पर कथित बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था इसमें राजद अध्यक्ष ने कथित तौर पर मत विभाजन के दौरान सदन से अनुपस्थित होने को कहा था भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद एनडीए के विधायकों को लालच दे रहे हैं और गठबंधन को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं इधर राजद नेता भाई विरेन्द्र ने कहा है कि वायरल ऑडियो झूठा है इधर यह मामला चर्चा में आने के बाद लालू प्रसाद को रांची के रिम्स अस्पताल स्थित डायरेक्टर बंगले से पेइंग गेस्ट वार्ड में भेज दिया गया है इस बीच हिन्द्रस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी आरोप लगाया है कि महागठबंधन के पक्ष में आने के लिये उनके विधायकों को फोन करके दबाव डाला जा रहा है दोनों दलों के विधानसभा में चार चार विधायक हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह सौ बयासी नये मामले सामने आये हैं इनमें से सबसे अधिक दो सौ ग्यारह पटना जिले में हुई है वहीं भागलपुर और मुजफ्फरपुर में चौंतीस चौंतीस गया में अठाईस सुपौल और दरभंगा में तेईस तेईस और पूर्णिया में बाईस मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में अभी पांच हजार पांच सौ छह सक्रिय मामले हैं इन लोगों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव एक शून्य प्रतिशत हो गयी है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह छह प्रतिशत हो गई है अब तक छियासी लाख उनासी हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में संक्रमण के कुल मामले चार लाख बावन हजार तीन सौ चौवालीस हैं जो कुल संक्रमित मामलों का लगभग चार दशमलव आठ आठ प्रतिशत है राज्य में ठंड का प्रकोप जारी है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के बाद पछुआ हवा चलने से तापमान में और गिरावट दर्ज होगी मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि परसो से आसमान साफ रहेगा जिससे ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है

निगरानी जांच ब्यूरो ने आज औरंगाबाद जिले के ओबरा के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अंगेश पासवान को पैंतीस हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है सहकारिता पदाधिकारी को ओबरा स्थित सहकारिता भवन के गेट पर घूस की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया आरोपी को एक चावल मिल के बकाया राशि का भूगतान करने के एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया कटिहार जिले में प्रशासन ने कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी वकील दास पर सहायक थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है प्रत्याशी पर आपराधिक मामलों को प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित नहीं करने पर यह मामला दर्ज किया गया है इससे पहले प्रशासन ने प्रत्याशी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था पूर्वी चंपारण प्रलिस ने मोटरसाईकिल लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है प्रलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि तीन अपराधियों को हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है

विपक्ष के हंगामे के बीच अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा उनकी सरकार प्रदेशवासियों की विकास की आंकाक्षाओं को पूरा करने के लिये कृतसंकल्प

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भारत नई नीतियों के साथ आतंकवाद से निपट रहा है प्रदेश के कोविड उन्नीस संक्रमण के छह सौ बयासी नये मामले सामने आये

साढ़े आठ डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया आज भी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा